कुल्लू में खुलेगा लोक निर्माण विभाग का अलग डिविजन कुल्लू के ही शाटा के लिए आईपीएच का सब डिविजन घोषित निजी स्कूलों से प्रतिस्पर्धा के लिए राज्य के सरकारी स्कूलों में आरंभ होगा प्री प्राईमरी स्कूल एजुकेशन कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का अस्थि कलश लाहौल के तांदी स्थित चंद्रभागा संगम में प्रवाहित मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज कुल्लू ज़िला के मोहल में अनुभव स्वास्थ्य की दिशा में एक कदम योजना का शुभारंभ किया

पंजीकृत रोगियों को उनके मोबाईल पर एसएमएस के माध्यम से डॉक्टर के साथ उनकी नियुक्ति की पुष्टि मिल जाएगी कुल्लू के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाक्टर सुशील शर्मा ने इस मौके पर योजना को लेकर विस्तृत प्रस्तृति दी उन्होंने कहा कि ज़िले के सभी लोग आशा और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पास पंजीकृत होंगे ये कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि रोगी को किसी भी असुविधा के बिना बेहतर उपचार मिले सांसद रामस्वरूप शर्मा विधायक सुरेन्द्र शौरी और अनेक गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद थे

उन्होंने नगवांई स्थित एनएचपीसी परिसर में पौध रोपण भी किया मुख्यमंत्री ने पाहनाला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा आरंभ की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रदेश के लिए वरदान सिद्ध हुई है जयराम ठाकुर ने प्रदेश को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए भी वचनबद्धता दोहराई

उन्होंने कहा कि किन्हीं कारणों से उपेक्षित रहे क्षेत्रों के विकास के लिए उनकी सरकार विशेष कदम उठा रही है इस मौके पर वनमंत्री गोबिन्द ठाकुर ने भी जनसभा को संबोधित किया परामर्श केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया को परामर्श जारी कर अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए दलित शब्द का इस्तेमाल करने से मना किया है बम्बई उच्च न्यायालय के इस वर्ष जून महीने के आदेश के बाद यह परामर्श दिया गया है न्यायालय ने मंत्रालय को इस शब्द का इस्तेमाल रोकने के लिए मीडिया को निर्देश देने को कहा था मंत्रालय ने बताया कि अंग्रेजी में संवैधानिक शब्द शिंड्यूल्ड कास्ट का अन्य राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद ही किसी आधिकारिक कामकाज प्रमाण पत्रों और अन्य मामलों में प्रयोग किया जायेगा

किशन कपूर खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने कहा कि प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार नर सेवा नारायण सेवा के मूल मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है किशन कपूर आज धर्मशाला में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत निशुल्क एलपीजी गैस कनैक्शन वितरण समारोह के मौके पर बोल रहे थे

उन्होंने कहा कि ये योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने उनकी सेहत की सुरक्षा और देश में स्वच्छ ईंधन का उपयोग बढ़ाने के लिए शुरू की गई है किशन कपूर ने कहा कि एलपीजी के उपयोग से खाना पकाने के लिए लकड़ी जलाने से उत्पन्न धूंए के कारण होने वाली बीमारियों से बचा जा सकेगा उन्होंने गृहिणी सुविधा योजना को देश की अपनी तरह की पहली योजना भी करार दिया और कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में हर गरीब परिवार को गैस कनैक्शन देने के लिए प्रयासरत्त है

महेन्द्र सिंह ठाक़र आज उना में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना प्रदेश का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और स्वरोजगार की दिशा में ये योजना काफी कारगर सिद्ध हो रही है परमार आज सुलह विधानसभा क्षेत्र के दैहण में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना प्रायोजित एक दिवसीय कार्यशाला में बोल रहे थे

सुरेश भारद्वाज प्रदेश के सरकारी स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में अब निजी स्कूलों को आमने सामने की टक्कर देंगे प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों की तरफ अभिभावकों के झुकाव को रोकने के लिए सरकार ने सरकारी स्कूल में प्री प्राईमरी कक्षाएं शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है ये व्यवस्था इसी साल से आरंभ होगी

उन्होंने कहा कि इन स्कूलों का चयन कर लिया गया है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्री स्कूल के अवसर प्रदान करना और अगली कक्षाओं के लिए उन्हें तैयार करना है सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस कार्यकम के माध्यम से जहां बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाएगा वहीं सरकारी स्कूलों के प्रति अभिभावकों की रूचि बढ़ाना और सरकारी स्कूलों में नामांकन संख्या में वृद्धि करना भी इसका उद्देश्य है

सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आहवान किया है कि वे आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लोगों के बीच जाकर उन्हें केन्द्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों तथा कार्यों के बारे में जानकारी दें राजीव सैजल आज सिरमौर जिला भाजपा की नाहन में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर जाकर सरकार की उपलब्धियां बतानी होगी राजीव सैजल ने ये भी कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही भाजपा को विजय मिलती है बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला भाजपा की रणनीति तैयार की गई बैठक में सांसद वीरेन्द्र कश्यप विधायक सुखराम चौधरी और सुरेश कश्यप तथा जिला भाजपा के पदाधिकारियों और फंटल संगठनों के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया अस्थि कलश पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि कलश को आज लाहौल स्पीति के तांदी में चंद्रभागा संगम पर हिन्दू व बौद्ध परम्परा के अनुसार विसर्जित किया गया कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती और मुख्यमंत्री के ओएसडी शिशु धर्मा ने सैंकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों की उपस्थिति में अस्थि कलश को चंद्रभागा संगम तट पर प्रवाहित किया अस्थि कलश को चंद्रभागा संगम में प्रवाहित करने से पूर्व एक श्रद्वांजलि सभा का आयोजन भी किया गया इस मौके पर कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि लाहौल स्पीति के लोगों के लिए रोहतांग सुरंग स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत बड़ी देन है अनुराग ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने आज मलराओं घंडीर और घुमारवीं में जनसमस्याएं सुनीं तथा उनका निपटारा भी किया

उन्होंने कहा करोड कि भानुपल्ली बिलासपुर मनाली लेह रेल लाईन के सर्वेक्षण का कारण प्रगति पर है और इसे शीघ पूरा कर इस पर काम आरंभ कर दिया जाएगा इस दौरान झंडूता के विधायक जे आर कटवाल और घुमारवीं के विधायक राजेन्द्र गर्ग सहित अन्य गणमान्य लोग भी उनके साथ मौजूद रहे सुभाष ठाकुर बिलासपूर सदर के विधायक सुभाष ठाकर ने आज बिलासपूर में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत नए मकान तथा मकान वृद्धि के लिए पात्र लोगों को आर्थिक सहायता स्वीकृति पत्र वितरित किए उन्होंने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना ऐसी पहली योजना है जिसके तहत पात्र लोगों को आवास वृद्धि के लिए भी धन उपलब्ध कराया जा रहा है

बिजली बोर्ड राज्य बिजली बोर्ड ने विद्युत उपभोक्ताओं से बिजली बिलों की अदायगी ऑनलाईन माध्यम से करने का आग्रह किया है बोर्ड के एक प्रवक्ता ने शिमला में कहा कि ऑनलाईन बिजली बिल भुगतान की सुविधा बोर्ड पहले से ही प्रदान कर रहा है और अब भारत सरकार के निर्देशानुसार इसमें और भी ऑनलाईन सुविधाएं जोड़ी गई है बैठक जिला परिषद मंडी की नवनिर्वाचित अध्यक्ष सरला ठाकर की अध्यक्षता में जिला परिषद की आज पहली बैठक आयोजित की गई बैठक को संबोधित करते हुए सरला ठाकुर ने कहा कि जिले में विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों के घर द्वार तक पहुंचाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे उन्होंने ये भी कहा कि वह परिषद के सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित कर समस्याओं का समाधान करेंगी